आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान लम्बे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और सरकार ने इसे पूरा किया है उन्होंने कहा कि संसद ने काफी विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मज़बूत करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बेहद घातक सिद्ध हो सकती है

उन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने के महत्व पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि धरोहर के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है वर्चुअल शिलान्यास जलशक्ति व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ऊना जिले के बंगाणा के लिए आज मल निकासी योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी

राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही पटवारियों की भर्ती की जाएगी कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर में बसाल में जल शक्ति विभाग का उपमण्डल खोलने की मांग की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यक्तिगत तौर पर निरंतर महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा ये जिम्मेवारी मंत्रियों को सौंपी गई है

निर्देश कुल्लू जिले में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के ऑक्सीज़न स्तर की निगरानी के आशा व स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीज़न स्तर कम होने पर मरीज़ एक शून्य सात सात पर संपर्क कर सकते हैं

अभियान चम्बा में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वयंसेवी संगठन सेवा भारती और प्रेरणा संस्था के साथ मिलकर कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया है इस अभियान के शुभारम्भ अवसर पर प्राधिकरण को सचिव व न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने लोगों को मास्क व सैनिटाइज़र वितरित किए उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी रखने बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने का आह्वान किया बधाई श्री गुरू नानक देव जी की जयंती कल मनाई जाएगी इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है राज्यपाल ने कहा कि गुरू नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू नानक देव जी ने प्रेम शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है